केन्द्रीय स्वास्थ्य मव्वी हर्षवर्धन ने लोगोप्से अनुरोध किया है कि वे लॉकडाउन की बढ़ी हुई अवधि के दौरान सभी दिशानिर्देशो का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करें क्योक्रि तभी हम कोरोना को फैलने से रोक पायेंगे

प्रदेश में सभी धार्मिक स्थान पूजन स्थल ब्रव रहेंगे

मुख्यमव्वी ने कहा कि ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गतिविधियाँ सव्वालित करने की अनुमति होगी

मन्दसौर जिले में दूसरे लॉक डाउन बाद आज कुछ क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की गाइड लाइन को ध्यान में रखते हुए छूट प्रदान की है होशंगाबाद संभाग में गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रति सप्ताह पोषण आहार अब दोगुना दिया जाएगा